इस योजना पर सरकार करीब दस हजार करोड़ रुपये खर्च कर सकती है कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कल कहा कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के छोटे कर्जदारों के लिए प्रस्तावित कर्जमाफी की शर्तों को लेकर सूक्ष्मवित्त उद्योग के साथ चर्चा की गई है यह कर्जमाफी व्यक्तिगत दिवाला एवं ऋणशोधन के तहत होगी और यह ईब्ल्यूएस श्रेणी के सबसे बदहाल मामलों के लिए होगी प्रस्तावित कर्जमाफी की पेशकश ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता के तहत होगी

बैठक में सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा संबंधी संशोधन आदेश का अनुसमर्थन किया गया

बैठक में मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहकारी विनिमयन आदेश में आवश्यक संशोधन किए गए हैं

वहीं कैबिनेट ने प्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त मदरसों में मध्यान भोजन देने की अनुमति प्रदान की

वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मिलावट के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट को बधाई दी उज्जैन महाकाल भादौ माह के पहले सोमवार को आज उज्जैन में श्री महाकालेश्वर भगवान की पांचवी सवारी निकाली जायेगी महाकालेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर यह सवारी महाकाल रोड गुदरी चौराहा बक्षी बाजार कहारवाडी से होते हुए रामघाट पहुंचेगी मुख्यमंत्री कमल नाथ भगवान महाकाल की सवारी का प्रजन करेंगे विश्व फोटोग्राफी दिवस विश्व फोटोग्राफी दिवस आज देश के साथ ही प्रदेश में भी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है ये दिन न केवल दिग्गज फोटोग्राफर और फोटोग्राफी शौकीन मनाते हैं बल्कि द्निया भर में सभी लोग अपने व्यवसायों और रुचियों से अलग हटकर एक साथ आते हैं और आने वाली पीढ़ियों को फोटोग्राफी के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करते हैं इस अवसर पर धार में दो दिवसीय फोटो प्रदर्शनी आयोजित की गई है फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में ऐतिहासिक धरोहर वाइल्ड लाइफ वेडिंग फोटोग्राफी ट्रेवल फोटोग्राफी फैशन फोटोग्राफी प्रोडक्ट फोटोग्राफी प्राकृतिक सौंदर्य आदि विषयों पर प्रदर्शनी का आयोजन होगा इसमें प्रवेश निःशुल्क रखा गया है

वहीं भोपाल रीवा शहडोल सागर होशंगाबाद और चंबल संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश दर्ज की गई

इसी बीच उफनती सीप नदी में घिरे तीन युवकों को प्रशासन ने बाहर निकाल लिया